मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा प्रदेश में संगठित अपराध गिरोह और माफियाओं पर होगी सख्त कार्यवाही

प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ स्वार्थी तत्व लोगों को बांटने और गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये समय की जरूरत है कि लोगों को एकजुट कर देश के विकास और देशवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जाये अपने कई ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि विचार विमर्श और मतभेद लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है लेकिन सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना और सामान्य जनजीवन में गडबडी करना कभी इसका हिस्सा नहीं रहे

मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ से एक दिन पहले आज मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को रखा

उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किये थे उनकी सरकार ने उन्हें निभाया है

आकाशवाणी से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो वादे किये थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है

जयपुर में गांधी सर्किल पर आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी शामिल हुए

इस युद्ध में बलिदान देने वाले शहीदों को आज प्रदेशमर में श्रद्धाजलि अर्पित की जा रही है जैसलमेर मिलट्री स्टेशन के वार म्यूजियम में आज विजय दिवस समारोह आयोजित किया गया

लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनी का नेतृत्व किया था चौदह दिन चले इस युद्ध के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया

गौरतलब है कि बूंदी पुलिस पायल को अहमदाबाद से बूंदी लायी थी राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने इस विवादित वीडियो पर आपत्ति जताई और उनके इस्तगासे पर दस अक्टूबर को पायल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चोर सीसीटीवी कैमरे भी अपने साथ ले गये इसी कंपनी में लगभग एक महीने पहले भी चोरी की कोशिश की गई थी लेकिन उस समय चोर रुपए नहीं ले जाये पाय और केवल दस्तावेज चोरी हुए थे पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है

कार्यशाला में उडीसा बिहार और राजस्थान के विभिन्न जिलों से आये किशोर किशोरियों ने हिस्सा लिया

दोनों राज्यों को अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना से जोड़ा गया है रसद विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान और हरियाणा के साथ ही गुजरात तथा महाराष्ट्र केरल कर्नाटक तेलंगाना और आंध्रप्रदेश को भी इस योजना से जोड़ा गया है योजना का लाभ उन पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवारों को मिलेगा जो दूसरे राज्यों में गए हुए हैं

इस संबंध में पहली बैठक स्टार्टअप उद्यम फिनटेक और डिजिटल समूहों के साथ हई वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान मुख्य रूप से लघ् और मध्यम उद्यमों में बिग डेटा प्रोद्योगिकी और सार्वजनिक प्रशासन में इनके उपयोग पर बातचीत हुई डिजिटल बुनियादी सुविधाएं और सरकार की भूमिका डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियमन और कराधान मुद्दों पर भी चर्चा की गई

विश्वविद्यालय पहली बार डीलिट की उपाधि भी प्रदान की गई